जनगणना में आबादी की गिनती के अलावा भाषा शिक्षा स्वास्थ्य संस्कृति धर्म सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि का बारे में भी आँकड़े एकत्र किये जाते हैं

राजस्थान में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को जोधपुर से और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता जसवंत सिंह के पुत्र मानवेन्द्र सिंह को बाड़मेर से मैदान में उतारा है पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह को अलवर से वरिष्ठ नेता रामनारायण मीणा को कोटा से सविता मीणा को दौसा से ज्योति खंडेलवाल को जयपुर से नमो नारायण मीणा को टोंक सवाई माधोपुर सीट से और ज्योति मिर्धा को नागौर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सेवानिवृत्त मेजर जेपीसिंह को संभल नियाज अहमद को देवरिया और पंकज निरंजन को फूलपुर से खड़ा किया है

न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख निश्चित की है न्यायालय उस दिन यह तय करेगा कि मामले को सुनवाई के लिए संविधान पीठ के समक्ष भेजना जरूरी है या नहीं

याचिकाओं में कहा गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है सरकार ने बिना जरूरी आंकड़े जुटाए आरक्षण का कानून बना दिया

कृष्णमूर्ति केन्द्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों र्स कहा कि वे सामयिक विषयों और अर्थ नीति आंकड़ों के विश्लेषण और प्रभावी कल्पनाओं से जुड़े साधनों और तकनीक की जानकारी रखें तथा अपने अनुभवों और बेहतर कार्य प्रणाली को नियमित रूप से एक मंच पर साझा करें श्री सुब्रमण्यम ने कल नईदिल्ली में अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के दौरान आर्थिक नीति बनाने और देश में उनके कार्यान्वयन के लिए आईईएस अधिकारियों का प्रभावी योगदान बढ़ाने पर जोर दिया

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अभिजीत अग्रवाल ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देशित किया है कि ं आयोग द्वारा निर्धारित इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कांटेक्ट के संबंध में व्यवस्थाएँ सुधारी जाएं

श्री अग्रवाल ने कंपनियों को कहा कि मतदाता जागरूकता एवं निर्वाचन सहभागिता के प्रचार प्रसार में भी सहयोग करें ताकि लोकसभा निर्वाचन में अधिक से अधिक संख्या में नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें

इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में डुप्लीकेट कार्ड बनवाने के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान की आज अंतिम तारीख है ऐसे पात्र व्यक्ति जिनके मतदाता पहचान पत्र गुम हो गये है या खराब हो गये है वे ड्प्लीकेट मतदाता पहचान पत्र बनवा सकते हैं मतदाता सवाल भोपाल जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सुदाम खाड़े ने कल एक घंटे फेसबुक पर लाइव रहकर भोपाल लोकसभा निर्वाचन के संबंध में मतदाताओं के सवालों का जवाब दिया और मतदाताओं की सभी तरह की जिज्ञासाओं का समाधान किया ज्यादातर मतदाताओं के सवाल मतदाता सूची में नाम वोटर आईडी मतदान केन्द्र की सही व्यवस्थाओं और डाक मतपत्र जैसी सुविधाओं से जुड़े हुए थे

मतदाता जागरूकता प्रदेशभर में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरुक करने के लिए जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है इसी क्रम में उमरिया जिले के बड़ेरी पंचायत में जिला निर्वाचन अधिकारी एंव कलेक्टर ने मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई इसके साथ ही ईवीएम और व्ही व्ही पैट मशीन की विस्तार से जानकारी दी

शिवपूरी जिले में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए कल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने एक रैली निकाली अस्पताल चौराहे पर मानव श्रंखला बनाकर अधिकारियों ने लोगों से मतदान की अपील की और शपथ भी दिलाई छतरपूर जिले में मतदाता जागरूकता की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं यहां आमजनों को ईव्हीएम और व्हीव्हीपैट मशीन के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से नगर पालिका में यह मशीन उपलब्ध कराई गई है

हॉकी मलेशिया के इपोह में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला अपने अंतिम लीग मैच में पोलैंड से होगा मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर एक बजकर पैंतीस मिनट पर शुरू होगा भारत पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है शनिवार को फाइनल में उसका मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में बीती रात बैंगलूरू में मुंबई इंडियन्स ने रॉयल चौलेंजर्स बंगलौर को छह रन से हरा दिया

आज हैदराबाद में सन राइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा